बतौर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का ये पहला बजट होगा इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी शिमला के प्राईमरी चैनल व एफएम के अलावा आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों से भी किया जाएगा

चुनाव राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी दुविधा में है पार्टी सूत्रों के मुताबिक कुछ विधायक उम्मीदवार उतारने के पक्ष में है जबकि कुछ अन्य इससे सहमत नहीं है

सूत्रों के मुताबिक इस संदर्भ में कोई निर्णय जल्द ही हाईकमॉन से चर्चा के बाद ही लिया जाएगा

पार्टी के एक प्रवक्ता ने ये जानकारी देते हुए बताया कि इस दौरान वे कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करेंगे मांग जनजातीय जिला लाहौल स्पिति और चंबा जिले के जनजातीय क्षेत्र पांगी घाटी में लोगों को बर्फबारी की वजह से विद्युत आपूर्ति बाधित होने से मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है हाईटैक एजुकेशन और वैल्फेयर सोसायटी के प्रधान हेम शर्मा व सचिव पारस राम थान्दल ने उर्जा मंत्री अनिल शर्मा से किलाड़ पावर हाउस को जल्द ठीक करवाने और नए पावर हाउस बनाने की मांग की है

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इसका शुभारंभ करेंगे प्रख्यात कथक नृतक पंडित राजेंद्र गंगानी और हिमाचली कथक कलाकार अक्षिता धीमान पहले दिन मुख्य आकर्षण रहेंगे

अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत आर्थिक सर्वेक्षण व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा द्वारा राज्यसभा के लिए नामांकन भरने संबंधी खबर को सभी अखबारों ने महत्व दिया है

दैनिक जागरण का शीर्षक है विकास दर घटी हिमाचली अमीर दिव्य हिमाचल के शब्द हैं हिमाचल में प्रति व्यक्ति आय बढ़ी विकास दर घटी

आपका फैसला का कहना है देवभूमि का हर व्यक्ति हुआ अमीर विकास दर गिरी हिमाचल दस्तक की खबर है दूसरी बार राज्यसभा जाएंगे नड्डा भरा पर्चा पंजाब केसरी अमर उजाला दैनिक सवेरा टाइम्स व दैनिक न्याय सेतु की लगभग एक जैसी सुर्खी है नड्डा ने राज्यसभा के लिए भरा नामांकन सीएम जयराम आज पेश करेंगे पहला बजट सबकी टिकी निगाहें शीर्षक से अमर उजाला लिखता है किसानों बागवानों बेरोजगारों और कर्मियों को मिल सकती है सौगात पंजाब केसरी की सुर्खी है जयराम आज पेश करेंगे पहला बजट दिहाड़ी के साथ बढ़ सकती है विधायक निधि दैनिक जागरण लिखता है पहले बजट में कुछ खास करेंगे जयराम हिमाचल दस्तक के शब्द हैं रोज़गार पर्यटन और निवेश पर होगा ज्यादा फोकस

इसी खबर पर दैनिक सवेरा टाइम्स लिखता है हिमाचल के दिहाड़ीदारों को अब मिलेगी पेंशन भाखड़ा विस्थापितों पर विधानसभा में हुई नोकझोंक संबंधी खबर पर दैनिक न्याय सेतु की सुर्खी है भाखड़ा विस्थापितों पर सदन में गहमागहमी ठोस नीति बनाने की मांग पर विधायक रामलाल ठाकुर लाए संकल्प दिव्य हिमाचल के शब्द हैं भाखड़ा विस्थापितों को राहत पर सदन में तीखी नोकझोंक सरकार को कोर्ट के फैसले का है इंतज़ार विपक्ष लाल अमर उजाला के मुताबिक सीएम के गृह क्षेत्र में बुंगजलगाड़ पंचायत की महिलाओं की पहल शादी समारोह में शराब पी या धुम्रपान किया तो जुर्माना इसी पत्र के अनुसार कुल्लू के एक और स्कूल में जातीय भेदभाव का मामला अब एक नजर संपादकीय पन्ने पर दैनिक जागरण अपने संपादकीय अब तो जागो में लिखता है कि शासन प्रशासन की हिदायतों के बावजूद ठगी के मामले सामने आने का मतलब है कि लोग जागे नहीं हैं और ठगों के नेटवर्क की पकड़ मजबूत हो रही है दिव्य हिमाचल अपने संपादकीय खुरदरी सतह पर बजटीय कालीन में लिखता है कि अगर राजनीति से उपर उठकर बजट पेश होता है तो हिमाचल अपनी आबरू सुरक्षित रख पाएगा अवैध खनन पर सख्ती शीर्षक से आपका फैसला अपने संपादकीय में लिखता है कि मंडी जिले की बल्ह घाटी में चल रहे अवैध खनन के कारोबार को रोकने के लिए सरकार को कारगर नीति अपनानी होगी